देहरादून में आज हुई कैबिनेट की बैठक में गोपन विभाग के ई गर्वनेंस प्रस्ताव के साथ ही भविष्य में मंत्रीमंडल के ई फॉर्मेट को मंजूरी दी गई

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी विभाग के तहत एथनॉल पर से राज्य सरकार ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण हटा लिया है उन्होंने बताया कि शीरा नीति में बदलाव करते हुये अब औद्योगिक इकाइयों को दस से घटाकर पांच प्रतिशत शीरा देने का फैसला किया है इसके अलावा चारधाम सड़क परियोजना ऋषिकेश बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ चार लाख रुपये की रॉयल्टी में छूट दी गई है मंडी समिति के अंतर्गत कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को मिलने वाले अंशदान में संशोधन और चिकित्सा विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है स्लग निशुल्क ड्रेस प्रदेश में आठवीं कक्षा तक के सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी निःशुल्क स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई जायेगी अभी तक आरक्षित वर्गो के छात्र छात्राओं और सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए स्कूल इ्रेस सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से भी स्कूल ड्रेस बनाये जा सकते हैं जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे मुख्यमंत्री ने संस्कृत भाषा ई लर्निंग सीडी का भी विमोचन किया इसके तहत कक्षा तीन से आठवीं तक के बच्चों को संस्कृत की कविताएं याद करवाई जाएंगी स्लग कार्यशाला राजभवन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उच्च पदों पर आसीन सफल महिलाएं समाज की अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रही हैं राजभवन में पहली बार महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रही है महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव के लिये सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा कार्यशाला में शामिल हुई महिलाओं ने खुलकर अपने अनुभव साझा किये और सुझाव भी दिये पहली बार एक मंच पर आई राज्य की विभिन्न आईएएस आईपीएस आईएफएस पीसीएस सचिवालय सेवा पुलिस और अन्य राज्य सेवा की महिला अधिकारियों ने राज्यपाल के समक्ष कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार रखे

ट्रेनिंग सेंटर के भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भविष्य के लिए बड़ी जरूरत बनेगा यह सेंटर पंचायतों के लिए महत्वपूर्ण होगा और विभिन्न गतिविधियों के डाटा कलेक्शन का मजबूत आधार बनेगा पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट पंचायत रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर बनने से शहरों की तरह पंचायतों की समस्याओं का तुरंत निदान करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए ही सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास और अनारक्षित के लिए हाईस्कूल की है

एमडीडीए उपाध्यक्ष आशीष कमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस सिस्टम के लागू होने से आम जनता को बहत सी परेशानियों से निजात मिल जायेगी साथ ही मानचित्र निस्तारण में लगने वाले समय में कमी आयेगी उन्होंने बताया कि आवेदक एकल कंसोल से आवेदन समीक्षा और फाइल ट्रैक कर सकते हैं इसमें आवेदनों की समीक्षा करने साथ ही आर्किटेक्ट के लिए उन्नत सुविधाएं हैं प्रक्रिया की निर्धारित समय सीमा और पारदर्शिता के साथ पूरी होगी जबकि जीआईएस आधारित मास्टर प्लान से भू उपयोग की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी देवभूमि सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन से स्वामित्व सत्यापन किया जा सकता है एमडीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि लेयर आधारित मानचित्र के स्थान पर मार्किंग के आधार पर मानचित्र बनाया जा सकेगा जो पहले की तुलना में सरल प्रणाली है इस प्रणाली को राज्य सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए भी इस प्रणाली को सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है स्लग कार्यशाला टिहरी टिहरी जिले के चंबा में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जल संचय जीवन संचय विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला में चम्बा और जौनपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं जिन्हें वर्षा जल संरक्षण के महत्व और क्षेत्र में स्थित जल च्रोतों को जीवित रखने में ग्रामीणों की भूमिका के बारे मे जानकारी दी गई कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जल का संरक्षण करना बेहद जरूरी है क्योंकि भूमिगत जल का स्तर निरन्तर कम होता जा रहा है और पारम्परिक जल च्रोत भी सूख रहे हैं उन्होंने कहा कि यदि जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर अगर अभी कदम नहीं उठाये गए तो भविष्य में इसके परिणाम भयावह होंगे जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं वर्षा जल के संरक्षण और परम्परागत जल स्रोतों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं स्लग सेमेस्टर प्रणाली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के शासकीय डिग्री कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है उन्होंने इसे छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के व्यापक हित में बताया है विश्वविद्यालयों के कैम्पस कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली पहले की तरह ही रहेगी गौरतलब है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्रदेश के महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त करने के साथ ही विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी

इस मौके पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कैदियों को जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि जेल में सजा काट रहे कैदी भी समाज के महत्वपूर्ण अंग है जिलाधिकारी ने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद हर कैदी स्वरोजगार से जुड़कर अपने जीवन की एक नई दिशा नई सोच के साथ शुरुआत करें इसके लिए यह कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्होंने जल्द ही जेल में कैदियों के लिए कैरम वॉलीबाल बैडमिंटन चेस आदि खेल सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही साथ ही इच्छुक कैदियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को अभी से इसकी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिये हैं खेल विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले इसके लिए अगर बाहर से भी कोच की की जरूरत हो तो कोच की व्यवस्था की जाएगी उन्होंने बॉक्सिंग प्रतियोगिता पिथौरागढ़ में आयोजित कराने के निर्देश दिये

ये प्रतियोगिताएं देहरादून हल्द्वानी हरिद्वार गुलरभोज ऋषिकेश नैनीताल रूद्रपुर में आयोजित की जायेंगी

जिले में जिला पंचायत के साथ बीडीसी और प्रधान की कई सीटों पर लोगों ने आपत्ति दर्ज करायी है

वहीं ब्लाक प्रमुख की चार सीटों में से दो में महिला आरक्षण हैं